उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अभियंताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नई तकनीक का उपयोग देश के प्रत्येक नागरिक विशेषकर आम लोगों किसानों और महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने में किया जाए

उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए श्री नायडू ने शिक्षा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सही समय पर प्रामाणिक सूचना सरकारी सेवाओं और ई प्रशासन पहल तक पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया गृहमंत्री राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ समय बिताने के लिए गुरूवार को राजस्थान के बीकानेर शहर जाएंगे वह शस्त्र पूजा कर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री पाकिस्तान के साथ लगी संवेदनशील सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ त्यौहार मनाएगा श्री सिंह बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का आकलन भी करेंगे पिछले साल गृहमंत्री उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर दशहरा समारोह में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार इलाहाबाद में होने वाले आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ को पूरी भव्यता के साथ सम्पन्न करायेगी इस आयोजन के सिलसिले में तैयारियां व्यापक स्तर पर जारी हैं श्री योगी ने कल शाम इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वृह्द आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार धन की कोई कमी नहीं होने देगी उन्होंने बताया कि कुंभ के तहत छह सौ तैंतालीस परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं जिनमें से बानबे परियोजनाएं तकरीबन पूरी हो चुकी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कुंभ से संबंधित सभी स्थायी निर्माण कार्य अगले महीने की बीस तारीख तक पूरा कर लिये जाने का निर्देश दिया गया है

उन्होंने घोषणा की कि कुंभ के दौरान किसी तरह का सरचार्ज नहीं लिया जायेगा श्री योगी ने कहा कि कुंभ में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव से एक प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया है इसके अलावा एक सौ बानबे देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ताकि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के इस आयोजन का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो सके इससे पूर्व राज्यपाल राम नाईक की अध्यक्षता में कुंभ मेला मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई जिसमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के सुझाव पर बोलते हुए श्री नाईक ने कहा कि नामकरण से संबंधित प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में मंज्री के लिए रखा जायेगा इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज मिश्र ने कहा बाइट योगी जी की ये घोषणा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होगा ऐतिहासिक स्वागत योग्य है उनका स्वागत किया जाना चाहिए और पौराणिक नाम को पुनः स्थापित करने के लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं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

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वाली वीवीपैट मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी श्री रावत ने कहा कि आयोग ने फर्जो मतदान की समस्या दूर करने और मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के पुख्ता उपाय किये हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गलत प्रचारित न किया जाए बाइट आयोग ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में एक समूह का गठन किया है समूह ने फेसबुक और ट्विटर सहित सभी बड़े सोशल मीडिया समूह के अधिकारियों को बुलाया है इन सभी लोगों ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत नहीं जाये शाहजहांपुर ज़िले में एक निर्माणाधीन कॉलेज की छत गिरने से मलबे में दब कर एक मजदूर की मौत हो गई दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं जबकि बारह अन्य खतरे से बाहर बताये जा रहे हैं यह हादसा आज दोपहर बाद रामचन्द्र मिशन थाना अन्तर्गत सिगरई गांव में उस समय हुआ जब ये मजदूर निर्माणाधीन कॉलेज की छत का लिंटर डाल रहे थे कई अन्य मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी हुई है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं सोनभद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में शॉट सर्किट के कारण आग लगने से परियोजना की तीनों इकाइयों को बंद कर दिया गया है

सूचना मिलते ही केन्द्रीय औद्योगिक सूरक्षाबल के अग्निशमन दस्तों सहित आसपास की फायर ब्रिगेड टीमें पहुंच गई जिन्होंने आग पर नियंत्रण पा लिया है लेकिन भूमिगत केबिल गैलरी में लगी आग को बुझाने के लिए वाराणसी से अग्निशमन दल की विशेष टीम बुला ली गई है केबिलों के जलने से निकल रही जहरीली गैस भी राहत कामों में रोड़ा बनी हुई है इस अग्निकांड से तापीय परियोजना को करोड़ों रूपये का नुकसान होने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील बंसल ने कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को मूर्त रूप देने की ज़रूरत है श्री बंसल आज हरदोई में इस विषय पर आयोजित एक गोष्ठी में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि उन्नीस सौ सड़सठ तक लोक सभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे लेकिन उन्नीस सौ सत्तर से इस क्रम के बिगड़ जाने से विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ा है श्री बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले चार वर्षो के दौरान जिस तरह देश में प्रशासनिक व्यवस्था न्याय और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने का काम किया है उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं कार्यक्रम में स्थानीय सांसद अंशुल वर्मा पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल सहित कई जन प्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को पचास पचास हजार रूपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है यह दुर्घटना कल शाम ऊंचाहार इलाके के मदारीपुर नहर के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही पिकप को जारदार टक्कर मार दी जिससे सात लोगों की मौत हो गई और पच्चीस से अधिक लोग घायल हो गये जम्मू कश्मीर में श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दर्शन हेतु कटरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क दूर्घटना बीमा कवर बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजरी दे दी है

श्री मलिक श्राइन बोर्ड क अध्यक्ष भी हैं